प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने पर दिया जोर

प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित सीकर के फतेहरपुर में पारा बना हुआ है जमाव बिन्दु पर

नई जीएसटी दरें पहली जनवरी से लागू होंगी

श्री जेटली ने बताया कि जन धन खाता धारकों से बैंक सेवाओं पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और अचल संपत्ति पर जीएसटी के बारे में परिषद की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा

गुजरात के गांधी नगर में भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि महिला सशक्तीकरण के बारे में उनकी सरकार की वचनबद्वता सब जगह देखी जा सकती है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार महिलायें उज्ज्वला योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों की मुख्य लाभार्थी बनी हैं

श्री मोदी ने गुजरात के केवड़िया में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित हुए कहा कि देश के लोग आतंकवादियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए पुलिस बल खासकर कश्मीर के पुलिसबल के प्रति गर्व का अनुभव करते हैं उन्होंने सभी मुद्दों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता के प्रति योगदान के लिए सरदार पटेल प्रस्कार की स्थापना की घोषणा भी की

श्री शर्मा ने बताया कि इस दौरान अस्पतालों में चिकित्साकर्मियों को समय पर पहुंचने निःशुल्क दवा जांच उपलब्ध कराने और साफ सफाई सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए निरीक्षण के दौरान अनियमितता मिलने पर संबंधित चिकित्सकों और कर्मचारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राज्य में पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे और अन्य वरिष्ठ नेताओं के बीच मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले विधायकों के नामों पर कल दिल्ली में दूसरे दिन भी मंथन किया गया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद राज्य मंत्रिमण्डल के बारे में फैसला होने की संभावना है

उन्होंने ट्विट करते हुए कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है कि एक निर्वाचित सरकार बार बार अपनी ही जनता की जासूसी करने की कोशिश कर रही है गोरतलब है कि गृह मंत्रालय ने अपने इस आदेश में दस केन्द्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिये हैं और वे अब किसी भी कम्प्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकती है

इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे है